मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में सतर्कता बरतने के दिए निर्देश कोरोना वायरस के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर प्रभावी रोकथाम लगाने को भी कहा और प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश होने के समाचार

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केन्द्र के मालिकों और इसके लाभार्थियों से बातचीत की

उन्होंने कहा कि इस योजना से हर आदमी दवाइयां खरीदने में सक्षम है

उन्होंने कहा कि सरकार हर हाल में किफायती इलाज उपलब्ध कराने के लिए दृढसंकल्पित हैं और अच्छे अस्पताल तथा सक्षम कर्मचारी उसकी प्राथमिकता बने रहेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक महीने एक करोड़ से ज्यादा लोग इन केन्द्रों से लाभ उठाते हैं

उन्होंने कहा कि भारत में बनी जेनरिक दवाइयां उच्चस्तर की होने के कारण विश्वभर में इनकी मांग है और ये गुणवत्ता में बाजार में उपलब्ध दवाइयों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जन औषधि दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जन औषधि के लाभार्थियों के साथ बातचीत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए कार्यक्रम का आयोजन राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में किया गया था संवाददाताओं से अनौचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है जेनेरिक दवाओं के उपयोग से सामान्य लोगों के दवाओं पर होने वाले मासिक खर्च में काफी कमी आयी है उन्होंने कहा कि मरीजों को जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हो सकें इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं

वहीं सत्र के पांचवे दिन की कार्यवाही शोर शराबे के साथ शुरू हुई विपक्ष ने सदन में मंत्रियो की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाया विपक्ष द्वारा पेन ड्राइव में बजट दिए जाने और इंटरनेट काम नहीं करने पर बजट पढ़ने में होने वाली असुविधा का मुद्दा भी उठाया

उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जिला सूचना कार्यालयों के माध्यम से लोगों तक सही जानकारियां पहुंचाने को कहा है मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि कोरोना वायरस से बचाव और जागरूकता के लिए प्रदेशभर में चलायी जा रही वर्चुअल क्लासिस और विश्वविद्यालयों का उपयोग किया जा सकता है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी एडवायजरी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए श्री रावत ने कहा कि सैनेटाईजर मास्क आदि की कालाबाजारी को रोकने और इसको लोगों तक सही दाम में पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था बनाई जाए सतर्कता मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं देहरादून में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में आइसोलेशन वॉर्ड स्थापित कर प्रशिक्षित चिकित्सकों और पैरामेडिक स्टाफ सहित आवश्यक दवाईयों की व्यवस्था करने को कहा उन्होंने संदिग्ध मरीजों के स्थानांतरण के लिए समर्पित एम्बुलेंस और प्रशिक्षित स्टॉफ की व्यवस्था करने को भी कहा

चमोली उत्तरकाशी पौड़ी सहित राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में आज ताजा हिमपात हुआ जबकि देहरादून सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज भी रूक रूककर बारिश होती रही बारिश और बर्फबारी के चलते राज्य में ठण्ड बढ़ गई है उधर पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है पिथौरागढ़ जिले में टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए बंद है

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सात दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान के प्रक्षिशु अधिकारियों के बीच कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के प्रयास किए जा रहे हैं इन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में व्रमेन इन सर्विस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया

कार्यशाला में निदेशक संजीव चोपड़ा ने महिलाओं के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी

प्रक्षिशु अधिकारियों के बीच पोस्टर और कविता प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया इस तरह से कार्यक्रमों के आयोजन से न सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागिदारी को सराहा जा रहा है बल्कि उनके जरिए समाज को भी महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरुक किया जा रहा है